भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पंचतत्व में विलीन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सामुदायिक सेवा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर उनको सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी इसको ध्यान में रखते हुए ग्यारह सितम्बर से प्लास्टिक मुक्त भारत के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा प्रधानमंत्री आज आकाशवाणी से मन की बात के जरिए लोगों से संवाद कर रहे थे मैं कह सकता हूँ कि गाँधी सेवा भाव से संगठन भाव को भी बल देते रहते थे समाज सेवा और समाज संकर्धन कम्यूनिटी सर्विस और कम्यूनिटी मोबलाइजेशन यह वो भावना जिसे हमें अपने व्यवाहारिक जीवन में लाना है सही अर्थों में यही महात्मा गाँधी को सच्ची श्रद्वांजलि है सच्ची कार्यांजलि है प्रधानमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जा सकता है और इसे ईंधन में बदला जा सकता है उन्होंने सिंगल यूज यानी दोबारा इस्तेमाल न होने वाले प्लास्टिक से मुक्ति पाने के लिए लोगों से मिलकर काम करने का आहवान किया देश की सभी नगरपालिका नगरनिगम जिला प्रशासन ग्राम पंचायत सरकारी गैरसरकारी सभी व्यवस्थाएँ सभी संगठन एक एक नागरिक हर किसी से मेरा अनुरोध है कि प्लास्टिक कचरे के क्लेकशन और स्टोरेज के लिए उचित व्यवस्था हो मैं कॉरपोरेट सेक्टर से भी अपील करता हूँ कि जब ये सारा प्लास्टिक वेस्ट इकठ्ठा हो जाए तो इसके उचित निस्तारण हेतु आगे आयें श्री मोदी ने कहा कि सितम्बर का महीना देशभर में पोषण अभियान के रूप में समर्पित है भोजन के महत्व से जुड़े एक संस्कृत सुभाषित का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने महिलाओं और नवजात शिश्रओं सहित सभी लोगों के लिए संतुलित और पोषक आहार पर जोर दिया उन्होंने पोषण अभियान का भी उल्लेख किया पोषण अभियान के अंतर्गत पूरे देशभर में आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से पोषण को जन आन्दोलन बनाया जा रहा है लोग नए और दिलचस्प तरीकों से कुपोषण से लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि आगामी ब्रहस्पतिवार को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देश भर में फिट इंडिया आंदोलन शुरू किया जाएगा उन्तीस अगस्त को राष्ट्र खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है इस अवसर पर हम देश भर में फिट इंडिया मूवमेंट लांच करने वाले हैं खुद को फिट रखना है देश को फिट बनाना है हर एक के लिए बच्चे बुजुर्ग युवा महिला सब के लिए ये बड़ा इन्ट्रसटिंग अभियान होगा श्री मोदी ने कहा कि डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सेस वाइल्ड के प्रसारण के बाद लोग वन्यजीवन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा कर रहे हैं उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि इससे विश्व को भारत की परंपराओं और प्रकृति के प्रति उसकी उदारता के बारे में जानने में मदद मिलेगी आप लोग भी नेचर और वाइल्ड लाइफ प्रकृति और जन्य जीवों से जुड़े स्थलों पर जरुर जाएं मैंने पहले भी कहा है मैं जरुर कहता हूँ आपको अपने जीवन में नार्थ ईस्ट जरुर जाइये क्या प्रकृति है वहाँ आप देखते ही रह जायेंगें आपके भीतर का विस्तार हो जाएगा प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत दो हजार बाईस के निर्धारित लक्ष्य से पहले ही बाघों की संख्या दोगुनी करने में सफल रहा है उन्होंने कहा कि यह न्यू इंडिया है जहां लक्ष्य समय से पहले पूरे किए जाते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि न केवल बाघों की संख्या बल्कि संरक्षित क्षेत्रों और सामुदायिक वनक्षेत्रों में भी वृद्धि हुई है भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली का आज दिल्ली के निगमबोध घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया दिवंगत नेता के पार्थिव शरीर को उनके पूत्र रोहण ने मुखाग्नि दी इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी लोजपा प्रमुख और केन्द्रीय मंत्री राम विलास पासवान के साथ अन्य पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडनवीस हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और योग गुरु रामदेव के साथ भूटान के प्रतिनिधि भी अंतिम संस्कार के दौरान उपस्थित थे इससे पहले अरूण जेटली के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए भाजपा मुख्यालय में रखा गया जहां दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि देने के लिए नेताओं कार्यकर्ताओं और शोकाकुल लोगों की लंबी कतार लगी रही अरूण जेटली का कल छियासठ वर्ष की आयु में दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था प्रतिबंधित हथियार एके सैंतालीस और हैंड ग्रेनेड बरामदगी मामले में दिल्ली के साकेत कोर्ट में समर्पण करने वाले मोकामा के निर्दलीय विधायक अनंत सिंह को आज कड़ी सूरक्षा के बीच बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया अदालत ने विधायक को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में पटना स्थित बेऊर केन्द्रीय कारा भेज दिया है अदालत के आदेश के बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अनंत सिंह को बेऊर जेल के एक सुरक्षित सेल में रखा गया है इधर सूत्रों के अनुसार पटना पुलिस पांच दिनों बाद अनंत सिंह की रिमांड के लिए एक बार फिर अदालत से अनुरोध करेगी विधायक अनंत सिंह को आज ही कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली से पटना लाया गया था केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पचास करोड़ रुपये से अधिक धनराशि की बैंक धोखाधड़ी की जांच पड़ताल और कार्रवाई की सिफारिश के लिए बैंक धोखाधड़ी सलाहकार बोर्ड का गठन किया है इससे पहले इसका नाम बैंक व्यावसायिक और वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित सलाहकार बोर्ड था भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह के बाद इस बोर्ड का गठन किया गया है जिसकी अध्यक्षता पूर्व सतर्कता आयुक्त टी एम भसीन करेंगे ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि दो अक्टूबर तक प्रदेश को खूले में शौच से मुक्त बनाने के लिए तेजी से कार्य किए जा रहे हैं कटिहार में एक बैठक में भाग लेने के बाद श्री कुमार ने कहा कि अब ऐसे गांव के गरीब लोग जिनके पास अपनी निजी जमीन नहीं है उनके लिए भी सरकारी जमीन में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाएगा उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान को लेकर आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर बैठक आयोजित की गयी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बुलाई बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और प्रदेश उपाध्यक्ष तनवीर हसन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे इस अवसर पर श्री पूर्वे ने कहा कि राजद ने पचास लाख प्राथमिक सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है उन्होंने कहा कि पिछले नौ अगस्त से अब तक पार्टी ने एक लाख ऑनलाइन सदस्य बनाया है बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की मौलवी और फोकानिया परीक्षा दो हजार बीस के लिए ऑनलाईन फॅार्म कल से भरा जाएगा मदरसा शिक्षा बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक मोहम्मद एजाज अहमद ने बताया है कि इच्छुक छात्र पच्चीस सितंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं श्री एजाज ने बताया कि फौकानिया और मौलवी परीक्षा दो हजार उन्नीस के हाल ही में घोषित परीक्षाफल से असंतुष्ट परीक्षार्थी कल से आठ सितंबर तक स्क्रूटनी के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं पूर्व मध्य रेलवे के पटना गया रेलखंड पर जहानाबाद स्टेशन के पास आज तड़के पारिवारिक विवाद में एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली इस घटना में गंभीर रूप से घायल एक बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है बेगूसराय पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर चालीस लाख रुपए मूल्य की विदेशी शराब के साथ सात शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं कैमूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या दो पर चलाये गये वाहन जांच अभियान के दौरान पुलिस ने अठारह सौ बोतल से अधिक विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है

भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली पंचतत्व में विलीन